केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने खंड और जिला विकास योजनाओं की तैयारियों की रूपरेखा का अनावरण किया और उम्मीद जताई कि इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा

हरियाणा में बरौदा विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र विधानसभा क्षेत्र व साथ लगते तीन किलोमीटर के इलाके मे पहली से तीन नवंबर तक शराब के ठेके बंद रहेंगे

श्री मोदी ने कहा कि कोविड मरीज़ों के स्वस्थ होने की दर में सुधार दर्ज किया गया है और अन्य देशों के मुकाबले कोरोना संक्रमण के कम मामले सामने आ रहे है प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वनिया में साधन सम्पन्न देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है प्रधानमंत्री ने ईद दीवाली छठ पूजा गुरपुरब सहित सभी त्यौहारों की बधाई भी दी केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज खंड और जिला विकास योजनाओं की तैयारियों की रूप रेखा का अवावरन किया यह रूप रेखा योजनाओं तैयार करने के लिए खंड और जिला पंचायतों का मार्गदर्शन करेगी और उचित स्तर पर योजनाकारों और सम्बधित पक्षों की सहायता करेगी इस अवसर पर अपने सम्बोध्न में श्री तोमर ने उम्मीद जताई कि यह रूप रेखा उपलब्घ स्थानीय संसाधनों स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करके खंड और जिला स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा देगी

जिसमें ग्राम स्त्र पर ग्राम पृंचायत खंड स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल है

बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिवश्री विजय वर्धन ने की बैठक में एनीमिया म्क्त भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश में चलाए जा रहे एनीमिया म्क्त हरियाणा कार्यक्रम की अनूठी विशेषताओं के बारे भी चर्चा की गई भारतीय जनता पार्टी की नेता और पहलवान बबीता फोगाट ने महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया

उन्होंने कहा कि वे दिन रात मेहनत करके अपनी जिम्मेदारी निभायेंगी और हरियाणा में महिलाओं को जागरूक सशक्त व शिक्षित करने का काम करेगी हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विणणन संघ हैफेड के नवनिय्क्त अध्यक्ष कैलाश भगत ने हैफेड के पंचकला स्थित कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया हैफेड के प्रबंध निदेशक डी के बेहड़ा ने उनका स्वागत किया हैफेड अधिकारियों की टीम के साथ बातचीत करते हये श्री कैलाख भगत ने कहा कि वे हरियाणा के किसानों की सेवा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना जारी रखें उन्होंने कहा कि इसी तहत संघ के अन्य सभी उद्देश्यों का पालन करते ह्ये राज्य में सहकारी समितियों के बीच हैफेड के शीर्ष स्थान को बनाये रखें

देश में कोविड संक्रमित मरीज़ों की संख्या साढ़े सात लाख से भी कम है

कोरोना संक्रमित मरीजों में बनी एंटी बॉडी की पहचान के लिए प्रे प्रदेश में सिरो सर्वे का द्सरा दौर श्रू हो गया है

सिरो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोरोना से लडने की आगामी रणनीति तैयार की जाएगी

बिना लाइसेंस के परिसर में शराब रखने और भंडारण के संबंध में आबकारी कानूनों में निर्धारित प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि इस अवधि के दौरान लोगों द्वारा शराब के भंडारण पर निगरानी रखी जा सके चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सायना नेहवाल कृषि प्रौदयोगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान के सहायक निदेशक बागवानी डा स्रेन्द्र सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों से मशरूम उत्पादन की आध्निक तकनीकों की जानकारी हासिल कर अपना ख्द का व्यवसाय स्थापित करने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि परम्परागत खेती के साथ साथ मशरूम को व्यवसाय के रूप में अपना कर वे अधिक मुनाफा कमा सकते है उन्होंने कहा कि बेरोज़गार य्वक भी प्रशिक्षण के माध्यम से आध्निक तकनीक सीखकर इसे आगे बढ़ सकते है डा स्रेन्द्र सिंह आज मशरूम उत्पादन की तकनीक विषय पर आयोजित तीन दिवसीय ऑन लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के श्भारंभ अवसर पर हिसार में प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित कर रहे थे